मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा वैक्सीनेशन के बाद भी बरतनी होगी सावधानी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हुए कहा है कि गरीबों की परेशानियां समाप्त होने का समय आ गया है नववर्ष के पहले दिन कल वर्चअल माध्यम से देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकीच्नौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही आज गरीबों के लिए मध्यम वर्गके लिए घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है तकनीकीमाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं मैं मानता हूं ये छह प्रोजेक्ट वाकईलाइट हाउस प्रकाश स्तम्भ की तरह हैं ये छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंगकन्सट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे हर बेत्र से राज्यों का इस अमियान में जुटनाकोऑपरेटिव फेडरिजन की हमारी मावना को और मजबूत कर रहा है

उन्होंने कहा कि छह लाइट हाउस परियोजनाए देश में आवास निर्माण क्षेत्र को नई दिशा दिखाएगी श्री मोदी ने कहा कि जनकल्याण के लिए लाइट हाउस परियोजनाएं बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी और इनसे शहरी आवासीयजरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं पर प्रत्येक नागरिक को गर्व होगा कि राष्ट्र हमारे विकास क ेपथ पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुएप्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब नये उत्साह और अवसरों के साथ दो हजार इक्कीस में प्रवेश कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार यह समझती है कि देश के चहुंमुखी विकास के बिना कायाकल्प संभव नहीं है ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अबदेश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है हमें इसके पीछे जो बड़ेपीजन को भी समझना होगा एक समय में आवास योजनाएं केन्द्र सरकारों की प्राथमिकता मेंउतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए सरकार घर निर्माणकी बारीकियों हर क्वालिटी पर नहीं जाती थी लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तारमें ये जो बदलाव किए गए हैं अगर ये बदलाव न होते कितना कठिनहोता आज देश ने एक अलग अप्रोच चुनी है एक अलग मार्ग अपनायाहै श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाए आर्थ्निक प्रौद्योगिकीऔर नवाचार प्रक्रियाओं से बनाई जाएंगी उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं न सिर्फ कम समय में सम्पन्न होंगी बल्कि गरीबों के लिए ज्यादा किफायती और आरामदायक सिद्द होंगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भवन निर्माणक्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आशा इंडिया परियोजनाशुरू की है इससे विकास के नये मार्ग खूलेंगे और इक्कीसवीं सदी में मकान बनाने केलिए किफायती प्रौद्योगिकी मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहत कम समय में लाखों मकान बनाए जा चुके हैं और अनेक मकानोंका निर्माण चल रहा है केन्द्र सरकार ने रेरा नियमों के माध्यम से रियलिटी सेक्टर की परियोजनाओं में लोगों का भरोसा फिर कायम किया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार रियलिटी सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्व है और इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि देश में आवास कर आठ प्रतिशत से कम करके किफायती मकानों पर एक प्रतिशत कर दिया गया है जबकि औसत मकानों पर केवल पांच प्रतिशत है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने इस परियोजना को मील का पत्थर बताया है इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाक पर्यावरण अनुकूल और आपदारोषी तकनीक पर आघारित आवासीय सुक्या केनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ताइट हाउसप्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में आज से देशमर में शुरू होने जा रहे कोविड टीकाकरण अम्यास की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ हर्षवर्धन को आज के अम्यास से जुड़ी सभी जानकारियां दीं जिनमें ड्राई रन के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली टीमों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए टेलीफोन ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाया जाना भी शामिल है बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ये सुनिश्चित करें कि टीकाकरण की जगहों और वहां तैनात किये जाने वाले अधिकारी इस बारे में तय सभी मानकों का पालन करें उन्होंने अम्यास के दौरान प्रशासन और चिकित्सा अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया

उन्होंने कहा कि कोरोना के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए हर स्तर पर पूरी सावधानी बरती जाये

उन्होंने कहा कि जिन देशों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है उन देशों से प्रदेश में आने वाले लोगों की सुची तैयार कर उन्हें ढूंढा जाये मुख्यमंत्री ने कोरोना पैक्सीन के लिये जनपद स्तर पर की जा रही व्यवस्थाओं की गहन मानीटरिंग के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद सतर्कता बरतनी जरूरी होगी

मुख्यमंत्री ने जनपदों में स्थापित किये गये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण को तेकर समी प्रकार के जरूरी इंतजाम कर रही है जिसमें कोल्ड वेन स्टोरेज का विस्तार और टीकाकरण कॅद्रों तथा वैक्सीन भंडारण की जगहों पर सीसीटीवी कैमरा को लगाया जाना भी सामिल है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संबद्ध आठ सौ से अधिक शिक्षाविदों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये प्रगतिशील कृषि कानूनों की सराहना की गई है शिक्षाविदों ने कहा कि उन्हें किसानों की आजीविका की रक्षा करने के सरकार के आश्वासन पर पूरा भरोसा है बयान में सरकार और किसानों दोनों के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई है और गतिरोध दूर करने के प्रयासों का सम्मान किया गया है केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के टोल प्लाजा पर पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से भुगतान की अनिवार्यता पन्द्रह फरवरी तक बढ़ा दी है इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल राशि नकद लेने की व्यवस्था कल पहली जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी उत्तरी भारत सहित प्रदेश इस समय शीतलहर की चपेट में हैं तापमान के सामान्य से कई डिग्री नीचे चले जाने से लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई है कई स्थानों पर कोहरे के कारण कम दृश्यता के चलते सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान नजीबाबाद प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं मुजफ्फरनगर में तीन दशमलव दो कानपुर में तीन दशमलव तीन फतेहगढ़ फर्रूखाबाद में तीन दशमलव नौ फूर्सतगंज रायबरेली में तीन दशमलव छः डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान तीन और आठ डिग्री सेल्सियस के बीच रहा वहीं अधिकतम तापमान बीस डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया मौसम विभाग ने सुबह और शाम कई स्थानों पर घने से अधिक घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है